इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग के तत्कालीन अधीक्षक अरविंद राज्टा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैड कैशियर एसपी सिंह और केसी ग्रुप संस्थान के उपाध्यक्ष हितेश गांधी शामिल हैं इन तीनों को आज सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा

उना जिला के लोअर बसाल में प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक शिविर की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती से किसान कम लागत से अधिक लाभ कमा सकते हैं

किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आम लोगों की सहभागिता को जरूरी बताया है कल धर्मशाला में स्मार्ट सिटी एडवाईजरी फोरम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के सुझावों के आधार पर ही स्मार्ट सिटी का विकास प्लान तैयार किया जाए

इससे प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है चंबा व कुल्लू जिलों में सुबह से ही हिमपात व वर्षा हो रही है विख्यात पर्यटक स्थल मनाली में इस साल का पहला हिमपात हुआ है लाहौल स्पीति के प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे और चंद्रावैली में हल्की बर्फबारी हो रही है राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं निचले जिलों में घना कोहरा पड़ने से जबरदस्त शीतलहर चल रही है मौसम विभाग ने आज अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर हिमपात व वर्षा जबकि अन्य इलाकों में मौसम आमतौर पर साफ रहने की संभावना जताई है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने छात्रवृति घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी के शब्द हैं सीबीआई ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार दैनिक जागरण लिखता है गिरफ्तार लोगों में दो सरकारी कर्मचारी व एक निजी संस्थान का उपाध्यक्ष

अमर उजाला ने खबर दी है बर्फ में नौ किलोमीटर स्ट्रेचर पर उठाकर एंबुलेंस तक पहुंचाई मरीज केलांग से कुल्लू किया रेफर इसी समाचार पत्र के मुताबिक हार्ट अटैक को अस्थमा अटैक बता आईजीएमसी रैफर किया मरीज दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला का मामला